उन्होंने कहा कि यह स्त्री पुरूष समानता न्याय और गरिमा का मामला है इसलिए इसे वोट बैंक राजनीति की नजर से नही देखना चाहिए गूजरात से कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एक महिला के साथ न्याय से नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की राहत से जुड़ा है बहस में भाग लेते हुए अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तीन तलाक विधेयक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है एनडीए सरकार येंह विधेयक पारित कर मृस्लिम महिलाओं की आजादी और अधिकार बहाल करने का प्रयास कर रही है उन्होंने देश में महिलाओं के हित में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सरकार के कई कल्याणकारी उपायों का उल्लेख किया नकवी ने इस विधेयक में दंड के प्रावधानों पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की जनता दल यनाइटेड के सदस्यों ने चर्चा के दौरान सदन से वाकआउट किया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने सदस्यों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था यह विघेयक लोकसभा ने पिछले सप्ताह ही पारित कर दिया था भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि संसद के मौजूदा सत्र में पन्द्रह विधेयक दोनों सदनों से पारित किए गए हैं छह विधेयक केवल लोकसभा में पारित हुए हैं और चार विधेयक राज्यसभा में उन्होंने बताया कि ग्यारह विधेयक पारित किए जाने के लिए लम्बित हैं प्रहलाद जोशी ने कहा कि शनिवार और रविवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी इन सांसदों को मार्गदर्शन देंगे लोकसभा में आज उपभोक्ता संरक्षण विघेयक दो हजार उन्नीस विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया इस विधेयक का उद्देश्य विवादों के समयबद्ध निपटान और प्रभावी कार्रवाई के लिए प्राधिकरण गठित कर उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है विधेयक पेश करते हए उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि विघेयक का उद्देश्य संबंधित नियमों को सरल बनाना है भारतीय जनता पार्टी के राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि यह विधेयक उपमोक्ताओं को शोषण से बचाएगा और उन्हें व्यापक संरक्षण उपलब्ध कराएगा तृणमूल कांग्रेस की प्रोतिमा मंडल ने कहा कि यह विधेयक उपमोक्ता हितों के संरक्षण के मजबूत तंत्र का प्रावधान करता है लोकसभा में आज उन्नाव दुष्कर्म मामले को लेकर शोरशराबा और नारेबाजी हुई जैसे ही सदन की बैठक शुरू हई लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग की चौधरी ने कहा कि पीडिता और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नही कराई गई उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की भारतीय जनता पार्टी के जैगदम्बिका पाल ने कहा कि दुर्घटनास्थल से जब्त ट्रक समाजवादी पार्टी के एक नेता का है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की उन्होंने कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो मामले की जांच कर रही है और इसमें निष्पक्ष जांच जारी है प्रह्लाद जोशी के जवाब से असंतृष्ट कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गए बाद में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया उन्नाब दृष्कर्म मामले को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि वह लखनऊ के एक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही उन्नाव की दृष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और पीड़िता तथा उनके परिजनों से मुलाकात की हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीड़िता के परिजन रायबरेली जेल में बंद परिवार के एक सदस्य की पैरोल के लिए आज सुबह से धरने पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा देशभर के दस ऐतिहासिक स्मारकों के खुलने का समय रात नौ बजे तक किये जाने के फैसले की सराहना की है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे इन स्मारको पर और अधिक संख्या में पर्यटक आ सकेंगे और अतृल्य भारत के विभिन्न पहलुओं को समझ सकेंगे इन स्मॉरकों में दिल्ली का सफदरजंग और हमायू मकबरा कर्नाटक का गोल गुम्बद स्मारक समूह ओडिसा का राजारानी मंदिर परिसर मध्यप्रदेश का दूल्हार्दव मंदिर हरियाणा का शेखचिल्ली का मकबरा महाराष्ट्र का मरकंडा मंदिर समूह ग्रजरात का रानी की वाव और उत्तर प्रदेश का मान महल वेधशाला शामिल हैं आकाशवाणी से बातचीत में मारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक नाम्बी राजन ने बताया कि इन सभी दस स्मारकों पर शाम के समय रोशनी की जायेगी आशा है कि इससे और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे